संसद के बजट अधिवेशन का दूसरा सत्र अवकाश के बाद आज से शुरू हो रहा है और अगले महीने की तीन तारीख को सम्पन्न होगा बजट सत्र इकतीस जनवरी को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से शुरू हुआ था वर्ष दो हजार बीस इक्कीस का केन्द्रीय बजट पहली फरवरी को पेश किया गया ग्यारह फरवरी को संसद का अवकाश घोषित किया गया था ताकि स्थायी समितियां विभिन्न मंत्रालयों की वर्ष दो हजार बीस इक्कीस की बजट मांगों पर विचार कर सके राज्यपाल सह कुलाधिपति फागू चौहान ने जून महीने से सभी विश्वविद्यालय में सत्र नियमित करने का निर्देश दिया है बोधगया में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुये उन्होंने कहा कि राज्य के विश्वविद्यालयों को हर हाल में अकादमिक और शैक्षणिक कैलेंडर का पालन करना होगा उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को शिक्षा और शोध के साथ साथ सांस्कृतिक तथा खेल कूद की गतिविधियों में भी रूचि लेना चाहिए वैशाली जिले में अपराधियों से सांठगांठ के मामले में चार पुलिसकर्मियों समेत सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है अपहरण के एक मामले की छानबीन के दौरान यह खुलासा हुआ कि अपराध नियंत्रण के लिए तैनात पैंथर मोबाईल के जवान ही अपराधियों के साथ मिलकर अपराध कराते थे लालगंज के एक महिला के शिकायत पर संज्ञान लेते हुये पुलिस अधीक्षक ने त्वरित कार्रवाई कर अपहृत व्यक्ति को बरामद किया साथ ही अपराधी गैंग से जुड़े पुलिस के तीन और होमगार्ड के एक जवान सहित सातों अपराधियों को पकड़ा गया घटना में शामिल चारों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को सुनिश्चित करने के लिये प्रदेश में मिशन इंद्रधनुष का चौथा चक्र आज से शुरू हो रहा है इस दौरान बक्सर और बांका को छोड़कर राज्य के छत्तीस जिलों के चिन्हित दो सौ छब्बीस प्रखंडों में सोलह मार्च तक नवजात शिशुओं और महिलाओं को विभिन्न बीमारियों से बचाव के लिये टीके लगाये जायेंगे प्रदेश में इंटर कॉपियों के मूल्यांकन कार्य का बहिष्कार करने वाले हड़ताली शिक्षकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर निलंबन की कार्रवाई की जा रही है पटना में इंटर कॉपियों के मूल्यांकन में योगदान नहीं देने वाले एक सौ पैंसठ शिक्षकों को निलंबित किया जायेगा इन सभी शिक्षकों पर पहले ही प्राथमिकी दर्ज करायी जा चुकी है जिला शिक्षा पदाधिकारी ज्योति कुमार ने यह जानकारी देते हुये बताया कि अब तक मूल्यांकन कार्य में योगदान नहीं देने वाले दो सौ पैंतीस शिक्षकों पर प्राथमिकी दर्ज करायी जा चुकी है इस बीच माध्यमिक शिक्षकों की हड़ताल को देखते हुये जिला शिक्षा पदाधिकारी ने मूल्यांकन कार्य के लिए सत्तर अतिथि शिक्षकों को पत्र जारी किया है इधर मुजफ्फरपुर में भी मूल्यांकन कार्य का बहिष्कार करने वाले दो सौ अठहत्तर शिक्षकों समेत तीन सौ इक्यावन शिक्षकों को निलंबित किया गया है वहीं दरभंगा जिले में मूल्यांकन कार्य में योगदान नहीं देने वाले छब्बीस शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है केन्द्र सरकार ने इस साल फरवरी के महीने में माल और सेवा कर के रूप में एक लाख पांच हजार करोड रूपये से अधिक की राशि वसूल की है जो पिछले साल के इसी महीने के मुकाबले आठ प्रतिशत अधिक है कुल राजस्व में से केन्द्रीय और माल सेवाकर सीजीएसटी की राशि बीस हजार करोड रूपये से अधिक है वित्त मंत्रालय ने कहा है कि फरवरी के महीने में घरेलू खरीद फरोक्त से जीएसटी राजस्व में पिछले साल के फरवरी महीने के मुकाबले बाहर प्रतिशत की बढोत्तरी दर्ज की गई है केन्द्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के सिलसिले में एक सप्ताह का विशेष अभियान शुरू किया है इसके तहत बालिकाओं और महिलाओं को शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाने के आंदोलन को और तेज किया जाएगा मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि उनका मंत्रालय देशभर के स्कूलों और कॉलेजों में आठ मार्च को अंतराष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन करेगा अधिकतम और न्यूनतम तापमान में औसतन दो डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी के कारण राजधानी पटना समेत राज्य के कई हिस्सों में ठंड का असर काफी कम हो गया है हालांकि तेज हवा के कारण सुबह और शाम में कनकनी महसुस हो रही है मौसम विभाग के अनुसार बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तक हिमालय के तराई क्षेत्र पर साइक्लोन सर्किल का परिक्षेत्र बना हुआ है साथ ही जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी के कारण प्रदेश में मौसम कभी शुष्क हो रहा है तो कभी बारिश हो रही है विभाग के अनुसार राज्य में ग्यारह मार्च तक मौसम में उतार चढ़ाव का क्रम बना रहेगा होली के दौरान यात्रियों के भारी भीड़ को देखते हये रेलवे नई दिल्ली से बरौनी तथा आनंद विहार से पटना और गया के लिए होली स्पेशल ट्रेनों का परिचालन करेगा वहीं भागलपुर और गांधीधाम के बीच समर स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जायेगा आनंद विहार से पटना के बीच आठ मार्च और नई दिल्ली तथा बरौनी के बीच तीन और छह मार्च को स्पेशल ट्रेन चलायी जायेगी भागलपुर और गांधीधाम के बीच भी छह मार्च को ही स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू किया जायेगा पटना पुलिस ने बेरोजगारों को घर बैठे रोजगार दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले एक गिरोह के चार जालसाजों को राजधानी के एग्जीबिशन रोड से गिरफ्तार किया है हालांकि छापेमारी के दौरान गिरोह का सरगना पुलिस से बच कर फरार हो गया पीआईबी फैक्ट चेक ने यह जानकारी दी है कि केन्द्र सरकार की ओर से पीएम योजना और प्रधानमंत्री लोन योजना के नाम से कोई स्कीम नहीं चलायी जा रही है यह दोनों योजनाएं फर्जी हैं जिसके नाम पर जनता को ठगने की कोशिश की जा रही है लोगों को इसको लेकर सावधान रहने की सलाह दी गयी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दो बार से ज्यादा नोटिस मिलने के बावजूद केवाईसी नहीं कराने वाले अपने हजारों बैंक ग्राहकों के खातों से लेन देन रोक दिया है आधिकारिक सूत्रों के अनुसार केवाईसी कराने के बाद ही अब इन खाता धारकों के खातों से लेन देन शुरू होगा राज्य स्तरीय इंट्रेस टेस्ट सीईटी बीएड के लिए ऑनलाईन आवेदन करने की आज अंतिम तिथि है उनतीस मार्च को होने वाली इस परीक्षा के अभ्यर्थी चार मार्च तक ऑनलाईन फॉम में बदलाव कर सकेंगे जबकि पांच मार्च तक फीस का भुगतान किया जा सकेगा पटना नगर निगम बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन कर हॉस्पिटल क्लीनिक चलाने वाले एक सौ पचास डॉक्टरों पर कार्रवाई करेगा साथ ही इन डॉक्टरों से पांच पांच लाख रूपया जुर्माना और तीन गुना होल्डिंग टैक्स भी लिया जायेगा दरभंगा जिले में जापानी इंसेफ्लाइटिस से बचाव के लिए शत प्रतिशत टीकाकरण किया जायेगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एस एम ने समीक्षा बैठक में एईएस से बचाव के लिए शत प्रतिशत टीकाकरण कराने का निर्देश दिया है पुड़चेरी में खेले जा रहे सीनियर महिला वन डे क्रिकेट प्रतियोगिता में बिहार ने सिक्कीम का साठ रनों से पराजित कर दिया टूर्नामेंट में बिहार टीम की दूसरी जीत है छत्तीसगढ़ के भिलाई में आयोजित सीनियर थ्रो बॉल प्रतियोगिता के बालक वर्ग में बिहार ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने जदयू के कार्यकर्ता सम्मेलन से संबंधित खबरों को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है इसके अलावा अलग अलग खबरों को भी स्थान दिया गया है हिन्दुस्तान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संबोधन को सुर्खी बनाते हुये लिखा है अबकी बार हर खेत को पानी वहीं दैनिक जागरण लिखता है एनडीए के साथ रहेंगे दो सौ सीटें जीतेंगे प्रभात खबर का शीर्षक है कोलकाता में बोले शाह सीएए से नहीं हटेंगे पीछे दैनिक भास्कर की सुर्खी है दिल्ली में हिंसा खत्म अफवाहें चरम पर शाहीनबाग में धारा एक सौ चौवालीस लागू आज अखबार ने लिखा है निर्भया केस की सुनवाई आज और अब अंत में मुख्य समाचार संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण अवकाश के बाद आज से हो रहा है शुरू